कृषि बैठक केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाने को कहा है श्री सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत की इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई श्री तोमर ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र किसान परिवारों और लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया ताकि अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजा जा सके कृषि मंत्री ने अट्ठारह से चालीस वर्ष आयु वर्ग के किसानों के लिए पेंशन योजना की भी जानकारी दी और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने को कहा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पद्दाधारी किसानों को भी लघु और सीमांत कृषकों की तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने ऐसे पट्टाधारी कृषकों की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रति वर्ष छह हजार रूपए के स्थान पर बारह हजार रूपए प्रदान करने का भी अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि इस योजना के हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टेधारी किसानों को शामिल नहीं किया गया है जो कि पट्टे की भूमि पर खेती कर रहे हैं और गरीबी रेखा के नीचे है केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने को लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण के आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है लिए वहीं शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अध्यापक समवर्ग में आरक्षण विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है विधेयक के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक कैडर में सात हजार से अधिक खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा इन दोनों विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा

यह विधेयक इसी मुद्दे पर पहले जारी दूसरे अध्यादेश का स्थान लेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करेगा तथा मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाएगा

उन्होंने कहा कि इसके लिए नये क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी का आधार बढ़ाने की जरूरत है श्री शाह आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों राज्य इकाइयों के अध्यक्षों तथा महासचिवों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने जातिवाद वंशवाद और साम्प्रदायवाद की राजनीति को नकार दिया है मीडिया को बैठक की जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है श्री यादव ने बताया कि पार्टी की सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे उन्होंने बताया कि वर्तमान में भाजपा के सदस्यों की संख्या लगभग ग्यारह करोड़ है और इसमें बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा गया है बैठक में शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अरूण सिंह और जेपी नड्डा शामिल हुए स्कूल अवकाश राज्य सरकार ने प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां तेईस जून तक बढ़ा दी है

यह आदेश प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में लागू किया जाएगा पूर्व में घोषित तिथियों के अनुसार स्कूलों की छुट्टियां पंद्रह जून तक निर्धारित की गई थी वहीं शिक्षकों के अवकाश के संबंध में आदेश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चालू शिक्षा सत्र में बच्चों को बीस जून तक आवंटित शालाओं में प्रवेश लेने के निर्देश दिए हैं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत स्कूलों में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा इसके बाद द्वितीय चरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी लोक शिक्षण संचालक एस प्रकाश ने बताया कि इस वर्ष अड़तालीस हजार से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है जबकि पिछले वर्ष चालीस हजार दो सौ चौव्वन बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया था एस भारतीदासन पदभार डॉक्टर एस भारतीदासन ने आज रायपुर के नये कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया पदभार ग्रहण करने के बाद श्री भारतीदासन ने जिला कलेक्टोरेट की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर वहां संचालित कार्यो का जायजा लिया श्री भारतीदासन दो हजार छह बैच के आईएएस अधिकारी हैं इससे पहले वे अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे इसके अलावा वे सुरजपुर और जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं गौरतलब है कि इससे पहले बसवराजू एस रायपुर कलेक्टर थे इनके तबादले के बाद काफी दिनों तक यह पद रिक्त था

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री कल दोपहर दो बजकर पचास मिनट पर नियमित विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशाराम डहरिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है

पुलिस ने इन आरोपियों का संबंध माओवादियों से होने की आशंका जताई है